कहा यह गलियारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत मददगार होगा

सबसे अधिक दो सौ इकतालीस नये मामले पटना में दर्ज किये गये

बूलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इस मालवाहक गलियारे के खुलने से मौजूदा कानपुर दिल्ली लाइन पर भीड़ भाड़ कम होगी और रेलवे ज्यादा तेजी से रेलगाडियां चला सकेगा इस महत्वाकांक्षी खंड को राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गलियारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत मददगार होगा और किसान रेलगाडियों की मदद करेगा

उद्योग हो व्यापार कारोबार हो किसान हो या फिर कन्ज्यूमर हर किसी को इनका लाभ मिलने वाला है लुधियाना और वाराणसी का कपड़ा निर्माता हो या फिरोजपुर का किसान अलीगढ़ का ताला निर्माता हो या राजस्थान का संगमरमर कारोबार मलियाबाद का आम उत्पादक हो या कानपुर और आगरा का लेजर उद्योग भदौही का कालीन उद्योग हो या फिर फरीदाबाद की कार इंडस्ट्री हर किसी के लिए ये अवसर ही अवसर लेकर आया है केन्द्र सरकार की विभिन्न ढांचागत विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे के बुनियादी ढांचे का विकास पिछली सरकारों की प्राथमिकता नहीं थी उनकी प्राथमिकता केवल चुनाव में फायदा लेने के लिए पैसेंजर रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाना था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अक्सर प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने की मानसिकता से निजात पाने की आवश्यकता है

जो अक्सर हम प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान देखते हैं यह मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को देश की संपत्ति को नुकसान पहंचाने की है हमें याद रखना चाहिए कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये संपत्ति किसी नेता की किसी दल की किसी सरकार की नहीं है ये संपत्ति देश की है ये संपत्ति आपकी है देश के नागरिकों की है हमारे हर गरीब का हर करदाता का मध्यम वर्ग का समाज के हर वर्ग का इसके पसीना लगा हुआ है उसका पैसा लगा हुआ है इसको लगने वाली हर चोट देश के गरीब देश के सामान्य जन को चोट इसलिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार जताते हुए हमें अपने राष्ट्रीय दायित्वों को भी नहीं भूलना चाहिए गौरतलब है कि पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की सम्पूर्ण लंबाई एक हजार आठ सौ छप्पन किलोमीटर है इनमें से दो सौ उनतालीस किलोमीटर हिस्सा बिहार से भी होकर गुजरता है प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख पैंतालीस हजार आठ सौ अठाईस हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पांच सौ तेईस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानवे दशमलव पांच आठ प्रतिशत हो गयी है वहीं राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के छह सौ बाईस नये मामलों की प्रष्टि हुई है सबसे अधिक दो सौ इकतालीस नये मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है वहीं मुजफ्फरपुर में छियालीस कोविड मामलों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या चार हजार सात सौ आठ रह गयी है गृह मंत्रालय ने कोविड रोकथाम के बारे में पहले जारी दिशा निर्देशों को इकतीस जनवरी दो हजार इक्कीस तक लागू रखने का आदेश जारी किया इसमें कहा गया है कि कोविड उन्नीस के नए और सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है लेकिन वैश्विक स्तर पर संक्रमण के मामलों में बढोतरी और ब्रिटेन में वायरस का नया रूप सामने आने के बाद निगरानी रोकथाम और सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता है इस सिलसिले में कंटेनमेंट क्षेत्रों का सावधानी से सीमांकन इन क्षेत्रों में रोकथाम के निर्दिष्ट उपायों का कडाई से पालन कोविड से बचाव के उपयुक्त व्यवहार को प्रोत्साहन और इनका सख्ती से अनुपालन तथा विभिन्न स्वीकृत गतिविधियों में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन जारी रहेगा देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के सोलह हजार चार सौ बत्तीस नये मामलों की पुष्टि हुई इसके साथ ही अब तक एक करोड दो लाख चौबीस हजार तीन सौ तीन लोग संक्रमित हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले एक दिन में दो सौ बावन रोगियों की इस वायरस से मौत हुई है अब तक एक लाख अड़तालीस हजार एक सौ तिरेपन लोगों की इस महामारी से मृत्यु हो चुकी है इस समय कुल दो लाख अड़सठ हजार पांच सौ इक्यासी सक्रिय मामले हैं कल एक दिन में चौबीस हजार नौ रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही अब तक अंठानवे लाख सात हजार पांच सौ उनहत्तर रोगी स्वस्थ हुए हैं जबकि स्वस्थ होने की दर पंचानवे दशमलव नौ दो प्रतिशत हो गई है दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश ने कोविड संक्रमण से बचाव के लिये लोगों से बदलते मौसम के दौरान अधिक सतर्क रहने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाने की अपील की है

उनमें हमें बहुत ही संभल कर रहना चाहिए बिल्कुल अति आवश्यक हो तो जाना चाहिए उस समय बाजार जाएं जिस समय भीड़ भाड़ कम हो तीन चीजें बहुत इंपोटेंट हैं एक चीज की थोड़ा सा हमें रिइंफेक्शन होने के चांसेजहो रहे हैं दूसरा वैक्सीनेशन आने की संभावना बहुत ज्यादा है और तीसरा ठंड में दिक्कत होने की संभावना ज्यादा रहती है तो हमें बहुत बच करके रहना है बाजारों से जो बहुतदूर रहें जब तक की बहुत अति आवश्यक न हो ब्रिटेन से भारत लौटे छह लोगों में वायरस के उसी रूप के संक्रमण की प्रष्टि हुई है जो हाल ही में ब्रिटेन में सामने आया था स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि इनमें से तीन लोगों को बेंगलुरु के निमहंस में दो को हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्युलर बायोलॉजी सीसीएमबी और एक व्यक्ति को पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान एनआईवी में भर्ती कराया गया है इन सभी को राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य केन्द्रों के अलग कमरों में रखा गया है इन यात्रियों के निकट संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है उनके साथ आए यात्रियों संपर्क में आए परिजनों और अन्य लोगों का पता लगाने के लिए व्यापक कार्रवाई शुरू की गई है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार ने इस समुदाय के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की छात्रवृति में ऐतिहासिक बदलाव किया है आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गहलोत ने बताया कि दसवीं कक्षा के बाद शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के चार करोड़ से अधिक छात्रों के लिए अगले पांच वर्षों के वास्ते उनसठ हजार अड़तालीस करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति की मंजूरी दी गयी है

केन्द्र सरकार ने तीन कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध समाप्त करने के लिए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कल बातचीत के लिए आमंत्रित किया है सरकार और किसानों के बीच यह छठे दौर की बातचीत होगी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से बेगूसराय जिले में एक लाख सत्रह हजार किसानों को लाभ मिल रहा है

योजना के तहत मिलने वाली राशि से छोटे किसानों को सिंचाई और खाद पानी के लिए वित्तीय मदद हो रही है इससे उन्हें सूद ब्याज पर साहूकारों से उधार नही लेना पड़ रहा है बलिया के किसान संजीव सिंह बताते हैं कि अन्य लाभार्थी किसानों की तरह उन्हें भी पिछले दिनों सातवीं किस्त के रुप में दो हजार रुपये की राशि मिली है

सरकार हमको दिया है सरकार को हम बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं सरसों में पानी देने के लिये हमको खाद देने के लिये दिये हैं

आजादी के बाद पहली बार हमको ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिला कृषि पदाधिकारी शैलेश कुमार के मुताबिक जिले में छब्बीस हजार और किसानों के आवेदनों की जांच की जा रही है योग्य होने पर उन्हें भी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा इस योजना के अंतर्गत साल भर में छह हजार रुपये की वित्तीय मदद किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है जिले में किसानों को भी इस वित्तीय सहायता से आत्म निर्भर बनाने में मदद मिली है आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से अनुज कुमार वर्मा प्रदेश में एक से दस जनवरी तक धान खरीद के लिए सघन अभियान चलाया जायेगा मुख्य सचिव दीपक कुमार ने धान खरीद कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार सप्ताह में तीन दिन धान खरीद से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करेंगे श्री कुमार ने कहा कि धान खरीद में पैक्सों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जायेगी उन्होंने कहा कि अब तक पांच लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है

स्टाईपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं इधर पीएमसीएच के अधीक्षक की पहल पर हड़ताल समाप्त करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के साथ बातचीत में कोई हल नहीं निकल सका है हड़ताल के कारण इन अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बाधित हैं बड़ी संख्या में मरीज दूसरे अस्पतालों में पलायन कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक हरखू झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हस्तक्षेप करते हुए जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त कराने की पहल करने का अनुरोध किया है श्री झा ने कहा है कि हड़ताल के कारण सबसे अधिक गरीब वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं राज्य सरकार ने बालू घाटों की बंदोबस्ती को अगले वर्ष इकतीस मार्च तक बढ़ा दिया है गौरतलब है कि बालू घाटों की बंदोबस्ती की अवधि इकतीस दिसम्बर को समाप्त हो रही है इसके तहत बालू उठाव का ठेका प्राप्त करने वाली एजेंसियों को पचास प्रतिशत अधिक बंदोबस्ती राशि देनी होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश में ठंड में मामूली बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों का न्यनूतम तापमान छह डिग्री से आठ डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है मौसम वैज्ञानिक जीशान अंसारी ने बताया कि आर्द्रता में बढोतरी के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में सुबह और शाम के समय कोहरा छाया रहेगा

राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा है कि मुजफ्फरपुर में बागमती परियोजना बांध के भीतर बसे विस्थापितों को मकान बनाने के लिए पच्चीस करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गयी है उन्होंने कहा कि जल्द ही यह राशि विस्थापितों को उपलब्ध करायी जायेगी

यूजीसी की आधिकारिक वेबसाईट पर पाठ्यक्रमों की सूची जारी कर दी गयी है यह पाठ्यक्रम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों स्तर के हैं ठंड के मद्देनजर कई स्वयंसेवी संगठनों की ओर से फुटपाथ और सड़कों पर रहने वाले असहाय लोगों को कंबल तथा अन्य राहत सामग्री प्रदान की जा रही है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के कर्मचारियों और अधिकारियों ने सामाजिक सरोकार दिखाते हुए पटना में आईजीआईएमएस आशियाना रोड और आसपास के इलाकों में गरीबों के बीच कंबल बांटे जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड अंतर्गत कोल्हाना ग्राम पंचायत के पूर्व मुखिया निरंजन सिंह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है श्री सिंह की हत्या के बाद गांव में तनाव व्याप्त है

कहा यह गलियारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत मददगार होगा

सबसे अधिक दो सौ इकतालीस नये मामले पटना में दर्ज किये गये